बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी कश्मीर घाटी में पर्यटकों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध हटाए गए

केन्द्र सरकार ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए निशुल्क सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का किया शुभारंभ प्रदेश में ग्यारह विधानसभा सीटों के उप चुनाव के लिए प्रचार कार्य में आयी तेजी तमिलनाड् के मामल्लपुरम में दूसरी भारत चीन अनौपचारिक शिखर बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है आज से शुरू होने वाली दो दिन की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति थी विनफिंग दोनों देशों के प्राचीन सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के प्रयास करेंगे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है बैठक स्थल और चेन्नई में महत्वपूर्ण स्थानों पर दस हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विशेष विमान से चेन्नई पहुंच रहे हैं जहां से वे हैलीकॉप्टर के जरिए मामल्लपुरम जाएंगे मामल्लपुरम को महाबलीपुरम भी कहा जाता है चीन के राष्ट्रपति आज दोपहर बाद चेन्नई पहंडेंगे दोनों नेता विभिन्न पर्यटन स्थलों को देखने जाएंगे वे कल बिना किसी सहायक के परस्पर बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद शिष्टमंडल स्तर की संक्षिप्त वार्ता होगी मामल्लप्रम नई रोशनी नए उत्साह और नए कलेवर के साथ चीनी राष्ट्रपति शी चिनकिंग और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगवानी के लिए तैयार है वार्ता का स्वरूप अनौपचारिक होने के नाते इसका कोई निश्चित एजेंडा नहीं है इसलिए द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित बहत सारे विषयों पर चर्चा की संभावना है द्विपक्षीय व्यापार रक्षा आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग वार्ता में प्रमुखता से आ सकते हैं वैशिक राजनीतिक घटना क्रम जैसे ब्रैकिजट मध्य पूर्व में सुरक्षा की स्थिति कुछ देशों द्वारा प्रायोजित नीतिगत आतंकवाद ये सब भी प्रमुख मूदे रहेगे इसके साथ दोनों देश सीमा विवाद से संबंधित बातचीत को अगले चरण तक ले जा सकते हैं

जम्मू कश्मीर घाटी में पर्यटकों के आवागमन पर लगा प्रतिबंध कल से हटा लिया गया है यह प्रतिबंध दो अगस्त से लगाया गया था राज्य में दसवीं बारहवीं और कॉलेज की परीक्षाएं इस महीने के आखिरी सप्ताह में आयोजित की जायेंगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन ने स्कूल शिक्षा बोर्ड कॉलेज और विश्वविद्यालय अधिकारियों को सर्दी शुरू होने से पहले ये परीक्षाएं सम्पन्न करने के निर्देश दिये हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ही कश्मीरी पंडितों की अपेक्षाएं पूरी कर सकती है जम्मू में कश्मीरी पंडित सभा में पत्रकारों को पंडित प्रेमनाथ भट्ट पुरस्कार प्रदान करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए उन्नीस सौ नवासी नबे में कश्मीरी पंडितों को वहां से भागने पर मजबूर करना कश्मीरियत की हत्या थी उन्होंने उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार जो भी फैंसला लेगी वह उनके हित में होगा डॉक्टर सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाया और यह सब कुछ लोगों की सोच के अनुसार ही हुआ इसी तरह कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का काम भी उनकी आशा के अनुरूप किया जाएगा

मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने निर्देश दिये कि प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाली जनपदवार सूची बैंक एकाउंट नम्बर सहित यथाशीघ्र प्राप्त कर ली जाये जिससे पुरस्कार की राशि उनके खाते में हस्तांतरित करायी जा सके केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बंगलूरू में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्यालय में ध्रुव योजना का शुभारंभ किया इस अनूठे कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी उन्हें उत्कृष्टता केन्द्र में चौदह दिन की विशेष तैयारी कराई जायेगी ताकि उनकी क्षमता का पूर्ण विकास हो और वे समाज के लिए बेहतर काम करें इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा और सचिव रीना रॉय भी इस अवसर पर मौजूद थीं जीवन बीमा निगम एलआईसी ने सोशल मीडिया के दावों का खंडन करते हुए अपने पॉलिसी धारकों को उनका धन सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया है एलआईसी के भारी घाटे में चलने की खबरों के बाद यह स्पष्टीकरण आया है एलआईसी ने एक बयान में कहा कि ये खबरें गलत और बेबुनियाद हैं तथा निगम की छवि बिगाड़ने और निवेशकों में भय पैदा करने के उद्देश्य से फैलायी जा रही हैं निवेशकों को आश्वस्त करते हुए निगम ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केन्द्रीय परिषद के सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का शुभारंभ किया इस योजना का उद्देश्य बिना किसी खर्च के सभी माताओं और नवजात शियुओं को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाए प्रदान करना है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार विश्व स्वास्थ्य मानक को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हो रहे हैं चिकित्सा शिक्षा का स्तर उठाने के लिए सरकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिबद्व है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर में मानसिक स्वास्थ्य सुक्विाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए नीतियां तैयार की गई हैं राज्य सरकार ने प्रदेश में सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में आवश्यकतानुसार दवाओं की उपलब्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी एक सप्ताह में अपने अधीनस्थ मेडिकल कॉलेजों और जिला चिकित्सालयों का निरीक्षण करके आवश्यकतानुसार दवाओं की उपलब्धता और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जायें साथ ही उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए यथाशीघ्र दस दिन के अन्दर स्थल चयन करने के भी निर्देश दिये प्रदेश में आगामी इक्कीस अक्टूबर को ग्यारह विधानसभा सीटों के लिये होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार गतिविधियां तेज हो गयी हैं भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस सहित सभी पार्टियों के नेता प्रचार अभियान में भाग ले रहे हैं विभिन्न जनपदों की इन सीटों के लिए एक सौ दस प्रत्याशी मैदान में हैं चित्रकूट जनपद में मानिकपुर सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी आनंद शुक्ला के पक्ष में प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह ने और सपा प्रत्याशी डॉक्टर निर्भय सिंह पटेल के पक्ष में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभाए कीं उधर रामपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता के पक्ष में और सपा प्रत्याशी तंजीम फातिमा के पक्ष में पार्टी नेता आजम खां ने प्रचार किया जिन सीटों के लिये उप चुनाव होने हैं वे हैं सहारनपुर की गंगोह रामपुर अलीगढ़ की इग्लास सुरक्षित सीट लखनऊ कैंट कानपुर की गोविंदनगर चित्रकूट की मानिकपुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैदपुर सुरक्षित सीट अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा सुरक्षित सीट और मऊ जनपद की घोसी सीट

देश भर से लगभग एक हजार से ज्यादा हिन्दी विज्ञान लेखकों के इस सम्मेलन में हिस्सा लेने की उम्मीद है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की देशभर के लगभग एक हजार से ज्यादा हिंदी विज्ञान लेखकों के इस सम्मेलन में हिस्सा लेने की उम्मीद है जिसका मकसद सभी हिंदी और भारतीय भाषाओं के विज्ञान लेखकों को एक मंच पर लाना और विज्ञान लेखन में हिंदी को प्रोत्साहित करना है दो दिनों के सम्मेलन के दौरान विज्ञान लेखन की विभिन्न विधायों जैसे कि अभियांत्रिकी तकनीक और प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य और चिकित्सा और शोघ में हिंदी भाषा के प्रयोग पर चर्चा होगी इसके अलावा विज्ञान नाटक विज्ञान चित्रकला स्पर्धा और विराट विज्ञान कवि सम्मेलन भी आयोजित होगा इस सम्मेलन के खत्म होने के बाद इसके सह आयोजकों में शामिल उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान देश भर के हिंदी विज्ञान लेखकों की एक निर्देशिका भी जारी करेगा